वे आज शिमला में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खुले बाज़ार में थोक व परचून विक्रेताओं के साथ साथ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडारों में आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य राज्यों से दालों की आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री लाने वाले ट्रक चालकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय उच्च मार्गो पर क्छ ढाबे खोलने की अनुमति देने का हरियाणा सरकार से आग्रह किया है जयराम ठाक्र ने किसानों व बागवानों के लिए कीटनाशकों और अन्य पौध संरक्षण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए बैठक में जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे मंत्रालय निर्देश केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने का निर्देश दिया है पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और निर्धनों के लिए अस्थायी आश्रय व भोजन और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है

मंत्रालय ने विभिन्न उद्योग दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित सभी नियोक्ताओं को अपने कामगारों के पारिश्रमिक में कटौती न करने और नियत समय पर भुगतान करने को भी कहा है मकान मालिकों को भी कामगारों से एक महीने का किराया न लेने का निर्देश दिया गया है

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिलीवरी की अनुमति दी गई है उन्होंने कहा कि दूध संग्रह और वितरण की श्रृंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह से मुक्त है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं

राज्यपाल ने सामाजिक दूरी बनाए रखने और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का व्यापक प्रचार करने की ज़रूरत बताई ताकि स्थिति आगे भी नियंत्रण में रहे इस दौरान राज्यपाल को प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति से अवगत करवाया गया बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कर्फ्यू के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था के लिए आज नाइन से राशन किटों के साथ कार्यकर्ताओं को रवाना किया उन्होंने राशन किट स्टोर में स्वयं व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को ज़रूरतमंद लोगों तक पहंचाने को कहा

बिंदल ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आहवान पर ये मुहिम शुरू की गई है

इनमें न्यू शिमला स्थित श्रीराम अस्पताल नवबहार स्थित इंडस अस्पताल और संजौली व धामी राजकीय महाविद्यालय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी शामिल हैं

हालांकि बीआरओ ह्वारा मार्ग को खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है